प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार पांच अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जैसे जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजन की तारीख नजदीक आती जा रही है सभी वर्गो के लोगो में उत्साह और प्रसन्नता लगातार बढ़ती जा रही है इस अवसर पर घरो में मिट्टी के दीए जलाए जाएंगे जिसके लिए कुम्भकार उत्साह से इन दीयों को तैयार कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इस अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में अलग अलग ध्यान केन्द्रित किया गया

खुले में शौच मुक्त यानि ओडीएफ की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है इसे ओडीएफ प्लस का नाम दिया गया है जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है

देश में अभी तक चार हजार तीन सौ चौबीस से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है

कल श्री गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग करेगे कि कोरोना की समीक्षा के लिए देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग करें उन्होंने कहा कि मरीजों की बढती संख्या से चिंता करने की जरूरत नहीं है राज्य में कोरोना को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं श्री गहलोत ने कहा कि टेस्टिंग की क्षमता बढाई गई है

देश में मृत्यु दर घट कर दो दशमलव एक पांच हो गई है